प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों को दी जायेगी छः हजार रूपये की वार्षिक प्रत्यक्ष मदद करदाताओं को पांच लाख रूपये तक की आमदनी पर आयकर में छूट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा बजट नए भारत को ऊर्जा प्रदान करेगा

लोकसभा में कल करीब सत्ताईस लाख चौरासी करोड़ रुपये का वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरो छोटे और सीमांत कृषकों की मदद के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी इस योजना के तहत जो छोटी जमीन रखते हैं उन सभी को उनके इनकम में स्पोट डायरेक्ट इनकम स्पोट छह हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है छह हजार रुपये की यह राशि दो दो हजार रुपये की किस्तों में किसानों के खातों में पहुंचेगी केन्द्र सरकार की इस योजना को पिछले साल पहली दिसम्बर से लागू किया जा रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साठ साल के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी बजट में आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये की गई है वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडेक्शन चालिस हजार से बढ़ाकर पचास हजार रूपये किया गया है बजट में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव चार प्रतिशत है किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद के लिए दो हजार अट्ठारह उन्नीस के संशोधित बजट अनुमान में बीस हजार करोड़ रूपये और दो हजार उन्नीस बीस के बजट अनुमान में पचहत्तर हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था है रेलवे के लिए बजट में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए चौसठ हजार पांच सौ सत्तासी करोड़ रूपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव है रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक करने का प्रस्ताव किया गया है बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजट में उन्नीस हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है चूंकि सरकार गरीबों पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है इसलिए इस बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबको अनाज मिले और किसी को भूखे पेट न सोना पड़े इसी के मद्देनजर मनरेगा के लिए इस बजट में साठ हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है वित्तमंत्री ने बजट भाषण में देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में पिछले पांच वर्षो में महत्वपूर्ण वृद्वि दर्ज की गई है और भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है राजकोषीय घाटा छह वर्ष पूर्व के लगभग छह प्रतिशत के उच्चस्तर से कम होकर दो हजार अट्ठारह उन्नीस के संशोधित अनुमान के अनुसार तीन दशमलव चार पर आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट में सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और यह राष्ट्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बजट के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट है उन्होंने कहा कि यह अंतरिम बजट पूर्ण बजट का ट्रेलर मात्र है जो आगामी चुनाव के बाद भारत को विकास के मार्ग पर ले जाएगा यह बजट जन सामान्य के सशक्तिकरण से देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका नाम इस बजट में रहा है भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि इस बजट से यह सिद्व होता है कि नरेन्द्र मोदी सरकार देश के गरीबों किसानों और युवाओं की आकांक्राओं को पूरा करने के लिये प्रतिबद्व है उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए कर में छूट जैसी घोषणाओं की भी प्रशंसा की बजट विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है और समाज के हर वर्ण को किसी ना किसी प्रकार से राहत देने वाला बजट है देश के बहुत बड़े वर्ग को किसान मजदूर मध्यम वर्ग सभी वर्ग मैं मानता हूं इस बजट से प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट रहा है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि बजट से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय समुदाय को बहुत लाभ पहुंचेगा पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आबंटन राशि में भारी वृद्धि की गई है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा कि यह बजट देश के विकास के लिए है और इससे ढांचागत विकास को बल मिलेगा

मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनन्दन करता हूं

गो संरक्षण के लिये कामधेन योजना एक अमिनन्दनीय योजना है इस देश का फ़्यम वर्गीय हमेशा इस बात को कहता था कि इनकमटैक्स का जो स्लैव है इसको बढ़ाया जाये

प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट को किसानों नौकरीपेशा लोगों महिलाओं बेरोजगारों सभी के लिये सर्वजन हिताय बजट बताते हुए इसे राज्यों के लिये मार्गदर्शक करार दिया है यह अतरिम बजट भारत वर्ष का जो विकास के लिये हैं

इसमें प्रत्येक वर्ग के साथ जो हैं केन्द्रीय वित्तमंत्री ने ध्यान रखा है सामान्य वर्ग के लिये जो नौकरी पेशा है उसके लिये किसान के लिये महिलाओं के लिये और कास्तकार के लिये सर्वजन हिताय कहा जाये तो ज्यादा अच्छा है और मुझे लगता है कि इस बजट से राज्यों के ऊपर और भार बढ़ेगा उनकी ड्यूटीस के बारे में उनके कर्तव्यां के बारे में अब केन्द्र सरकार ने हमको दिशा दे दी है अब राज्य सरकारों को उसके ऊपर तेजी से उस विकास के एजेंडों को आगे बढ़ाना है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बजट को किसानों और आम जनता के लिये फायदेमंद बताया है अर्थ शास्त्री एमकेअग्रवाल ने बजट को गेम चेंजर बताते हुए सभी के लिये फायदेमंद कहा है कानपुर में मर्चेन्ट चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति पदम कुमार जैन ने बजट को सभी के लिये लाभदायक और देश के लिये उन्नति देने वाला बताया है विपक्ष ने केन्द्रीय बजट को भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बजट बताया है संसद से बाहर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बजट को किसान नौजवान विरोधी बताते हुए कहा है कि एक तरफ इनकम टैक्स लिमिट घटा कर दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा दी है

सात फरवरी को वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये सदन में बजट पेश किया जायेगा विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया है कि नये साल का पहला सत्र शुरू होने पर पांच फरवरी को ग्यारह बजे राज्यपाल राम नाईक विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे

दुर्घटना के शिकार लोग कानपुर से प्रयागराज जा रहे थे